राज्य में कोरोना संकमितों की संख्या बढ़कर बारह हजार एक सौ चार हो गयी है पिछले चौबीस घंटे में सात सौ अड़तीस नए संकमित मिले राज्य सरकार द्वारा एक लाख कोरोना नमूनों की जांच के लिए इक्कतीस जुलाई से चलाये जा रहे वि ीश अभियान की अवधि आज समाप्त हो रही है सरकार इन तीन दिनों की रिपोर्ट के आधार पर लॉकडाउन के संबंध में और कोरोना संकमण को बढ़ने से रोकने के लिए निर्णय लेगी राज्य में अब तक तीन लाख तिहत्तर हजार नमूनों की जांच की गयी है रांची में कोरोना संकमितों की संख्या सबसे अधिक दो हजार एक सौ बाईस है वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संकमितों की संख्या एक हजार नौ सौ उनहत्तर है इसी तरह हजारीबाग में छह सौ पंदह गिरिडीह में पांच सौ बयासी कोडरमा में पांच सौ सड़सठ धनबाद में पांच सौ अठाईस गढवा में चार सौ चौवालीस कोरोना संकमित है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या चार हजार पांच सौ तेरह है वहीं कोरोना से एक सौ चौदह लोगों की मौत हुई है राज्य में दो लाख तैतालीस हजार से अधिक लोग होम क्वारंटाइन में हैं वहीं क्वारंटाइन सेंटर में पांच हजार आठ सौ बानबे लोग हैं

उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के भीतर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं

खूंटी जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद पूरे शहर में एक अगस्त से ही खूँटी जिला व्यवसायी संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बन्द का आहवान किया गया है ख्रंटी में पुलिस बलों के संक्रमित होने से खूंटी थाना का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है सभी संक्रमित पुलिसकर्मियों और होम गार्ड कर्मियों को बेहतर इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर एरेन्डा में भर्ती कराया गया है इधर कोरोना के प्रतिदिन बढते संक्रमण से बचाव के लिए अब जिले में लोग स्वेच्छा से बंद का समर्थन कर रहे हैं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

भागने के कम में उसका एक पैर टूट गया है प्रभारी कारा अधीक्षक प्रमोद कुमार दास ने कैदियों के फरार होने की पुष्टि की है उन्होंने बताया कि अन्य दो फरार कैदियों की तलाश की जा रही है श्री दास ने यह भी बताया कि नगर थाना के सामने के मार्केट कम्पलेक्स में कोविड हेल्प सेंटर में दर्जनों विचाराधीन कोरोना संक्रमित कैदियों को रखा गया है श्री दास ने कहा कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि पर्याप्त सुरक्षा बंदोवस्त के बावजूद कैदी फरार कैसे हुए कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इस वर्श स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन मोरहाबादी मैदान में नहीं होगा झारखंड अलग राज्य गठन के बाद बीस वर्शों में ऐसा पहली बार होगा जब मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस पर समारोह का आयोजन नहीं किया जायेगा मोरहाबादी मैदान के चारो ओर से खुले होने और आम लोगों के इस कार्यक्रम में भाामिल होने की संभावना को देखते हुए इस वर्श यह कार्यकम डोरंडा स्थित जैप वन मैदान या फिर बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होगा स्थल चयन को लेकर कल रांची के उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार झा ने जैप वन ग्राउंड और फुटबॉल स्टेडियम का जायजा लिया इस संबंध में रिपोट तैयार कर राज्य सरकार के पास निर्णय के लिए भेजा जायेगा इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मी स्वच्छताकर्मी और कोरोना को हरा चुके लोगों को आमंत्रित किया जायेगा आम लोगों को नहीं

स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित कार्यक्रम का वेबकास्टिंग करें प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से देश में पढ़ाई की प्रक्रिया में बदलाव आएगा और इससे ग्रामीण क्षेत्रों से सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए युवाओं की खोज करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि कॉलेज स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में अलग अलग स्तर पर प्रवेश और बीच में छोड़ने की सुविधा युवाओं के लिए स्वागत योग्य कदम है प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को इस बदलाव के लिए तैयारी करनी होगी क्योंकि उन्हें ही इसे आगे बढ़ाना है

इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाओं की पहचान करने का मंच है उन्होंने कहा कि ये छात्र न्यू इंडिया के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएंगे केंद्रीय मंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि यह नीति भारत को विश्व स्तरीय ज्ञान का केंद्र बनाने में मददगार होगी

रांची रेल मंडल के टाटीसिल्वे स्टेशन पर कल से वाई फाई की सुविधा भा़रू की गई है निशुल्क वाईफाई के माध्यम से यात्री स्टेशन पर भी इंटरनेट संबंधित अपने कार्य कर पाएंगे कॉरपोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी के तहत टाटा ट्रस्ट के द्वारा यह निशुल्क वाई फाई की सुविधा स्टेशनों पर उपलब्ध कराई गई है स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है ये अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग चलाया गया

खूले में शौच जाने से मुक्त रहने की स्थिति बरकरार रखने और कोई भी परिवार शौचालय से वंचित न रहे यह सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है इसे ओडीएफ प्लस का नाम दिया गया है जिसमें ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है

स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य के चौबीस जिलों के चालीस लाख से अधिक घरों में भाौचालय का निर्माण कराया गया है रामगढ़ जिले में सत्तर हजार से अधिक भाौचालयों का निर्माण कराकर इसे राज्य का पहला ओडीएफ जिला घोशित किया गया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव से पंचायती राज संस्थाएं सशक्त हुई हैं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में समुचित ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने का अधिकार सौंपा गया है पंचायतों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है जन शिकायतों के निपटान के लिए प्रत्येक पंचायत में शिकायत पेटिका रखी गई है जिसमें लिखित शिकायत डालकर लोग सरकार को अपनी परेशानियों और सुझावों से अवगत करा सकते हैं उपराज्यपाल गिरिश चंद्र मूर्म ने जनशिकायत तंत्र के कामकाज की समीक्षा के लिए प्रशासनिक परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किए नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए कल से ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन फार्म जमा किये जा सकेंगे इस विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवे ा परीक्षा आयोजित की जाती है किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से पांचवी पास छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं टोक्यो ओलिम्पिक के लिए चुनी गई पुरुष और महिला हॉकी टीम के सदस्य चार अगस्त से बंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शिविर में भाग लेंगे भारतीय खेल प्राधिकरण ने बंगलूरु में प्रशिक्षण शुरू करने के बारे में राज्य सरकार से औपचारिक अनुमति मिलने के बाद यह निर्णय लिया है

राज्य की महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलिमा टेटे इस श्रीाविर में भाग लेने के लिए आज रवाना हो रही है और अब संक्षिप्त खबरें

केरेडारी कटकमसांडी और बरकड्डा प्रखंड में हुई वज्रपात की घटना के दौरान ये लोग अपने खेतों में कृशि कार्य कर रहे थे इसी घटना में दो अन्य लोग भी झुलस गए जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है

इस सिलसिले में उन्होंने जिले के उपायुक्त शशि रंजन से शिकायत की है उपायुक्त ने इस मामले की जांच के लिए लेस्लीगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनूप बड़ाइक को निर्देश दिया है